दामोदर वैली कारपोरेषन के कमांड वाली सात जिलो में लगातार दूसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीस घंटे और षहरी क्षेत्रों में अठारह घंटे तक बिजली कटौती हुई

आज नामांकन का अंतिम दिन है

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्थिति पर पूरी तरह निगाह रखे हुए है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोई भी केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा नहीं करेगा साथ ही उन्होंने देशवासियों से अनावश्यक यात्राओं को टालने की सलाह दी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 उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों और राज्यों द्वारा सुरक्षा बरतने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों में वीजा निलंबन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना शामिल है वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से देष में पहली मौत कर्नाटक के क्लबर्गी षहर में हुई है वहीं रांची में कल राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एनडीआरएफ की टीम ने आइसोलेषन वार्ड का निरीक्षण किया वहीं रिम्स से कोलकाता भेजे गए तीन मरीजों के सैंपल में से दो की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा एक व्यक्ति का सैंपल विदेष से नहीं आने के कारण रिजेक्ट किया गया रिम्स प्रबंधन ने कोरोना की जांच के लिए आवष्यक मषीनें षीघ्र खरीदने का निर्णय लिया है बिजली कटौती दामोदर वैली कारपोरेषन के कमांड वाली सात जिलो में बिजली का गहन संकट उत्पन्न हो गया है लगातार द्रसरे दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बीस घंटे और षहरी क्षेत्रों में अठारह घंटे तक बिजली कटौती हो रही है झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पर चार हजार नौ सौ पचपन करोड़ रूपये बकाया होने की वजह से डीवीसी बिजली आपूर्ति में कटौती कर रहा है वहीं बिजली संकट को देखते हुए जेबीवीएनएल बकाया राषि में से चार सौं करोड़ रूपये देने को तैयार हो गया उर्जा विभाग के सर्चिव सह सीएमडी एल ख्यांग्ते की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में भुगतान प्रक्रिया षुरू करने का आदेष दिया है निगम के एमडी राजीव अरूण एक्का ने बताया कि बकाया राषि में दो सौ करोड़ रूपये का भुगतान तत्काल किया जाएगा डीवीसी के अधिकारी ने कहा कि कमांड एरिया में बिजली कटौती अभी जारी रहेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इस मामले में कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है और समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है डीवीसी से हजारीबाग चतरा कोडरमा रामगढ़ बोकारो धनबाद और गिरिडीह जिले में बिजली की आपूर्ति की जाती है इन जिलो में बिजली कटौती की वजह से जलापूर्ति की व्यवस्था भी पूरी तरह प्रभावित हुई है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार नियमावली और आरक्षण रोस्टर का ध्यान रखते हुए छठी जेपीएससी परीक्षा में मेरिट के आधार पर निर्णय लेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सातवीं जेपीएससी की प्रक्रिया चल रही थीउस पर रोक लगा दी गयी है जेपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र एजेंसी है सरकार जेपीएससी की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है परीक्षा का संचालन पारदर्शी और स्पष्ट तरीके से होना चाहिए इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है मुख्यमंत्री कल विधानसभा में विधायक प्रदीप यादव और विनोद सिंह के द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण सूचना पर हस्तक्षेप करते हुए जवाब दे रहे थे नौकरी केन्द्र सरकार रेलवे रक्षा और डाक सहित अन्य विभागों में खाली पड़े चार लाख पचहतर हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया षुरू करेगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल राज्य सभा में कहा कि यूपीएससी और एसएससी को रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिये एक लाख चौतीस हजार सात सौ पचासी पदो पर भर्ती की सिफारिष की है वहीं रक्षा विभाग में खाली पड़े तीन लाख एकतालीस हजार नौ सौ सात खाली पद भरे जाएंगे षिक्षा का अधिकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार रांची के बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों की प्रवेश स्तर की सीटें खुली हैं

रांची के उपायुक्त के निदेशानुसार अभिभावकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है

जहां अभिभावक नामांकन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या मदद ले सकते हैं

भरे गए आवेदन पत्र की छायाप्रति पांच अप्रैल तक संबंधित विद्यालय के कार्यालय में जमा किया जा सकेगा

बस बिहारषरीफ से टाटा जा रही थी इसी दौरान बुंडू थाना क्षेत्र में कल देर रात यह दुर्घटना घटी गिरफ्तार गुमला जिला सदर थाना पुलिस ने देसी कट्टा व गोलियों के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है उसके पास से एक देसी कट्टा कारतूस भुजाली और दो मोबाइल बरामद किए हैं गिरफ्तार अपराधी टोटो गांव के रहने वाला है छापामारी के दौरान दो अपराधी भागने में सफल रहे राज्यसभा चुनाव रामगढ़ जिले के कांग्रेस नेता षहजादा अनवर को यूपीए ने राज्यसभा चुनाव में दूसरा प्रत्याषी बनाया है प्रदेष कांग्रेस के प्रभारी आर पी एन सिंह ने इसकी पुष्टि की है षहजादा अनवर दो बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं षहजादा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगें उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याषी दीपक प्रकाष से होगा विधानसभा भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की पहल से बजट सत्र में पहली बार कल सदन सुचारू रूप से चला बाबलाल मरांडी ने आष्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष के मामले में हंगामा नहीं होगा उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष के मसले पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कहा कि विधिक न्याय आने के बाद नेता प्रतिपक्ष के मामले में जल्द निर्णय होगा

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में घोषणा की कि विधायकों की अनुशंसा पर भी आवास योजना का लाभ ग्रामीणों को दिया जाएगा